राज्यसभा की रिक्त होने वाली सीट के लिए केन्द्रीय मंत्री जेपी नड़डा होंगे भाजपा के उम्मीदवार बजट सत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज शिमला में शोरशराबे और वॉकआउट के बीच शुरू हुआ

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष के कदम को बचकाना बताते हुए कहा कि वे विधानसभा चुनाव परिणाम के सदमे से अभी तक उभर नहीं पाए हैं और औचित्यहीन मुद्दों की बात कर रहे हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने खूद कई बार नियमों व एक्ट में संशोधन किया है और अब महज अखबार की सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेस ने ये वॉकआउट किया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष का कदम अवांछनीय अशोभनीय व गैर जिम्मेदाराना है जिससे सदन की गरिमा को ठेस लगी है बाद में अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि नियमों के तहत ही विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस ने वॉकआउट कर करदाताओं को पैसे से खिलवाड़ किया है और बिना मुद्दे के सदन से बाहर जाना लोगों के समय की भी बर्बादी है

लेकिन अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि उत्तर के लिए ये नोटिस विभाग को भेजा है मगर मुकेश अग्निहोत्री बोलते रहे जिस पर अध्यक्ष ने उनकी बात सदन में रिकॉर्ड ने करने का निर्देश दिया इस बीच दोनों पक्षों में नोकझोंक चलती रही और मंत्री बिकम सिंह विपिन परमार गोविन्द ठाकुर व वीरेन्द्र कंवर भी खड़े होकर विपक्ष के आरोपों को गलत बताते रहे

बजट शोकोदगार इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शोकोदगार के साथ शुरू हुई दिवंगत पूर्व सदस्यों भाजपा के ठाकुर रामानंद और कैप्टन आत्मा राम को सदन में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई व उनकी आत्मिक शांति के लिए कुछ क्षण का मौन रखा गया सदन के नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शोक प्रस्ताव रखा और स्वर्गीय ठाकुर रामानंद को जमीन से जुड़ा व आरएसएस का एक विद्वान नेता बताया उन्होंने कहा कि कैप्टन आत्माराम मिलनसार व शालीन स्वभाव के थे और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन कर अपनी पार्टी की तरफ से शोक जताया स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकूर खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और भाजपा विधायक राकेश पठानिया ने स्वर्गीय पूर्व विधायकों की कार्यशैली को सराहा और उन्हें सच्चा राजनीतिज्ञ बताया जयसिंहपुर से भाजपा विधायक रवि धीमान ने कहा कि कैप्टन आत्मा राम का लम्बा व बेदाग राजनीतिक जीवन रहा है और वे लोगों के दिलों में बसे हुए हैं रविन्द्र कुमार धीमान ने कहा कि लोग उनकी कर्मठता व मृदुभाषी होने का उदाहरण देते हैं ठाकुर रामानंद का देहांत शीतकालीन सत्र से पहले हुआ था और ऐसे में उस सत्र में उन्हें श्रद्वांजलि न देने को चूक बताते हुए सीपीएम के राकेश सिंघा ने भविष्य में इस संबंधी ध्यान रखने का सुझाव दिया विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी सदन की भावनाओं से सहमत होते हुए कहा कि ठाकुर रामानंद से उनका निजी सम्पर्क रहा है और सोलन से लगे उनके पैतृक गांव सेरी में वे अकसर स्वर्गीय रामानंद से मिलते थे राजीव बिंदल ने स्वर्गीय के जीवन को चलता फिरता ग्रंथ बताया उन्होंने कहा कि इसी तरह कैप्टन आत्मा राम से भी बहुत कुछ उन्होंने सीखा है श्रद्वांजलि देने में हुई चूक पर राजीव बिंदल ने भविष्य में इसका ध्यान रखने का आश्वासन दिया

शिशु शर्मा शांतल आकाशवाणी समाचार शिमला जयराम नडडा राज्यसभा की प्रदेश से रिक्त हो रही एक मात्र सीट के लिए केन्द्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भाजपा के उम्मीदवार होंगे शिमला में आज भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि बीती रात हुई प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में केवल जगत प्रकाश नडडा के नाम पर ही चर्चा की गई और इस संबंधी अनुमोदन केन्द्रीय चुनाव समिति को भेजा गया है ये सीट जगत प्रकाश नडडा का कार्यकाल पूरा होने पर रिक्त हो रही है इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि जगत प्रकाश नडडा को उम्मीदवार बनाया जाएगा अनुराग सांसद अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में रूस के प्रतिनिधियों के साथ राजनीति सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उन्होंने कहा कि भारत और रूस ने कठिन समय में भी अपने रिश्तों की डोर को मजबूत बनाए रखा अनुराग ठाकुर ने कहा कि शीतकालीन खेलों में रूस के परस्पर सहयोग किया जा सकता है उन्होंने कहा कि ओलम्पिक में अच्छे प्रदर्शन के लिए भारत में अपने खेल के बुनियादी ढांचे को विकासित करने की ज़रूरत है राम स्वरूप सांसद राम स्वरूप शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने मंडी जिले के जोगिन्द्रनगर में राष्ट्रीय मैडिसनल प्लांट्स बोर्ड के क्षेत्रीय व सुगमता केन्द्र खोलने की अनुमति देकर मंडी संसदीय क्षेत्र को एक बड़ा तोहफा दिया है एक बयान में उन्होंने कहा कि इससे यहां पहले से संचालित हर्बल गार्डन व फार्मेसी के आधारभूत ढांचे में सुधार होगा और लोगों को औषधीय पौध की खेती व विपणन की सुविधा मिलेगी वीरेन्द्र कश्यप उघर सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने कहा है कि चण्डीगढ़ बद्दी रेलवे लाईन का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा

उन्होंने कहा कि हिमाचल में जमीन की दरें तय कर इसकी अधिसूचना राज्य सरकार को भेज दी गई है

बस सेवा जनजातीय ज़िले लाहौल स्पिति में पथ परिवहन निगम की बस सेवा दिसम्बर माह से बंद है और निगम कर्मचारी इस दौरान कुल्लू में अपनी सेवाएं देते हैं केलंग से हमारे संवाददाता के अनुसार हालांकि इस बार बर्फबारी कम होने से घाटी में टैक्सी सेवाएं जारी रहीं लोगों ने सरकार से घाटी के लिए जल्द बस सेवा बहाल करने की मांग की है ताकि उन्हें अधिक किराया देकर टैक्सियों में न जाना पड़े

गणेश दत्त ने कहा कि घटिया राजनीति करना कांग्रेस का पेशा बन गया है